आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान लंबे समय से इनकी मांग कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने बहत विचार विमर्श के बाद कृषि सुधारों को कानूनी रूप दिया है बीते दिनों हुए कृषि सुवारों ने किसानों के लिए नई संगावनाओं के द्वार भी खोले हैं बरसों से किसानों की जो माँग थी जिन मांगो को पूरा करने के लिए ँकिसी न कैसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था वो मांगे पूरी हुई हैं काफी विचार विमर्श के बाद मारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरुप दिया प्रधानमंत्री ने युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने आसपास के गांवों का दौरा करके किसानों को खेती में नवाचारों और हाल के क षि सुधारों के बारे में जागरूक करें श्री मोदी ने कहा कि संकट के समय संस्कृति बहत काम आती है क्राइसिस में कल्वर बड़े काम आता है इससे निपटने में अहम भूमिका निमाता है टेक्नोलोजी के माध्यम से भी कल्वर एक इमोशनल रिचार्ज की तरह काम करता है घर बैठे दिल्ली के नेशनल म्यूजियम गैलरीज का टूर कर पाएंगे श्री मोदी ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि अजंता की गुफाओं की विरासत और कला को संरक्षित करने के साथ साथ उन्हे डिजिटल रूप भी दिया जा रहा है इस डिजिटल रूप में महत्वपूर्ण दस्तावेज और उद्दरण भी होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले विश्व धरोहर सप्ताह मनाया गया था श्री मोदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद लोगों ने एक अमिनव तरीके से इस धरोहर सप्ताह समारोह में भाग लिया

उन्होंने पक्षी निहारन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया था प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई पक्षी निहारन संगठन सक्रिय हैं जिनसे लोगों को जुड़ना चाहिए प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड में नवनिर्वाचित सांसद गौरव शर्मा द्वारा संस्कृत में शपथ लेने की सराहना करते हए कहा कि भारतीय संस्कृति का प्रसार प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करता है प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र कल गुरु नानक देव का पांच सौ इक्यावनवा प्रकाश पर्व मनाएगा उन्होंने कहा कि गुरु नानक के उपदेश वैंकूवर से वेलिंगटन और सिंगापुर से दक्षिण अफ्रीका तक गूंजते हैं उन्होंने कहा कि पिछले साल नवम्बर में करतारपुर साहिब गलियारे का उद्घाटन एक ऐतिहासिक घटना थी उन्होंने कहा कि विदेशों में रहने वाले सिखों द्वारा दरवार साहिब की सेवा में योगदान देना अब आसान हो गया है पांच दिसंबर को श्रीअरोबिंदो की पुण्यतिथि मनाई जाएगी श्री मोदी ने कहा कि श्री अरविंदो के विचारों में बहुत गहराई है उन्होंने युवाओं से इस महान व्यक्तित्व के बारे में और अधिक जानने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे देश वोकल फॉर लोकल की दिशा में आगे बढ़ रहा है उसे श्री अरबिंदो के स्वदेशी दर्शन से प्रेरणा मिल रही है श्री मोदी ने कहा कि देश ने अब लॉकडाउन चरण से बाहर निकलने के बाद कोविड नाइन्टीन के टीके पर चर्चा शुरू कर दी है हालांकि उन्हॉने आगाह किया कि कोरोना के बारे में कोई भी लापरवाही बहत घातक होगी श्री मोदी ने समी को कोरोना के खिलाफ अपनी लडाई को मजबृत करने के लिए कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल वाराणसी यात्रा को देखते हए तैयारियां जोरों पर हैं प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देव दीपावली कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे देव दीपावली में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदियों के किनारे बड़ी संख्या में दीप जलाये जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से पूरे प्रदेश में पंचायती राज विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हाट मिक्स से बनने वाले संपर्क मार्गो एवं सड़कों का वर्चअल शिलान्यास किया शिलान्यास के बाद उन्होंने पांच जनपदों के जिला पंचायत अध्यक्षो से बातचीत भी की मुख्यमंत्री ने पंचायतों को आत्मनिर्मर बनने का संदेश देते हुए कहा कि जिला पंचायतें दो महीने के बचे कार्यकाल में कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे उन्हें लोग दोबारा पसंद करें देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर तिरानबे दशमलव छह आठ प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों में बयालिस हजार दो सौ अटठानबे रोगी संक्रमण से मुक्त हुए हैं इसके साथ स्वस्थ लोगों की संख्या अटठासी लाख दो हजार दो सौ सड़सठ हो गई है पिछले चौबीस घंटे में इकतालिस हजार आठ सो दस लोग संक्रमित हए इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या तिरानबे लाख बानबे हजार नौ सौ बीस हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार सौ छानबे लोगों की मृत्यू के बाद मृतकों की कृल संख्या एक लाख छत्तीस हजार छह सौ छानबे हो गई है इस समय चार लाख तिरपन हजार नौ सौ छप्पन मरीजों का इलाज चल रहा है